स्लग एचआरडी मंत्री मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ने विद्यार्थियों और शोधकर्ताओं से कहा है कि वे विज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में भारत की प्रतिष्ठा बहाल करने के लि काम करें आज दिल्ली आईआईटी में टेक्नोलॉजी एक्सपो का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि कोई भी अनुसंधान उद्योग और आम लोगों की आवश्यकताओं के अनुरूप होना चाहिए उन्होंने अनुसंधानकर्ताओं को हर प्रकार की सहायता देने का आश्वासन भी दिया इस प्रदर्शनी में विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ताजा नवाचारों को दर्शाया गया स्लग जड़ी बूटी दिवस राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने कहा है कि उत्तराखंड में जड़ी बूटी के संरक्षण और संवर्धन के लिए राज्य सरकार बेहतर काम कर रही है हरिद्वार में जड़ी बूटी दिवस पर देश के लिए शहीद होने वाले सैनिकों के योगदान को याद करते हुए उन्होंने कहा कि इस वर्ष रक्षा बन्धन के दिन सभी बहने देश के सैनिकों की सलामती की दुआए मांगें क्योंकि सैनिकों के त्याग और बलिदान से ही देश सुरक्षित है इस अवसर पर बाबा रामदेव ने भी मानव जीवन में जड़ी बूटियों के योगदान पर प्रकाश डाला आयुष एवं वन मंत्री डा हरक सिंह रावत ने कहा कि बाबा रामदेव और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रयासों से पूरे विश्व में योग और आयुर्वेद के प्रति लोगों में रूचि बढ़ी है इस दौरान पतंजंलि योगपीठ की ओर से पौधों का वितरण किया गया और लोगों से अधिक से अधिक पौधे लगाने की अपील की गयी

छात्र बेहतर गुणात्मक शिक्षा के बल पर ही देश के कर्मठ शिक्षित नागरिक बन सकें कालसी स्थित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई भी संस्था आसानी से खड़ी नहीं होती है इसके लिए कड़ी मेहनत व समर्पण का भाव होना जरूरी है उन्होंने एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के बच्चों के पिछले दो वर्ष में विभिन्न आईआईटी एमबीबीएस और प्रमुख उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश पर खुशी जताई

साथ ही छात्रों का भोजन व्यय बढ़ाने और विद्यालय में संगीत का संग्रहालय कक्ष स्थापित करने की भी घोषणा की उन्होंने विद्यालय के बहुउद्देशीय हॉल डिस्पेन्सरी और अतिथि कक्ष का शिलान्यास भी किया स्लग योजना का अनुमोदन बागेश्वर में जिला प्रभारी राज्य मंत्री रेखा आर्य ने खनिज फाउंडेशन न्यास योजना का अनुमोदन किया

बैठक में प्रभारी मंत्री ने विधायकों और जनप्रतिनिधियों से चर्चा किये बगैर योजनाओं के प्रस्ताव बैठक में रखने पर कड़ी नाराजगी जताई

बैठक में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए कांडा कपकोट और बागेश्वर को तीन एंबुलेंसों की स्वीकृति प्रदान की गई बैठक के बाद प्रभारी मंत्री और जिलाधिकारी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अन्तर्गत लोगों को जागरूक करने की दिशा में हस्ताक्ष र अभियान की भी शुरूआत की स्लग पाक सैनिक पाकिस्तानी सेना ने अपनी बॉर्डर एक्शन टीम बैट के सैनिकों और आतंकवादियों के शव वापस लेने की भारतीय सेना की पेशकश का कोई जवाब नहीं दिया है ये शव कल शाम से उत्तर कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के केरन सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास रखे हैं रक्षा प्रवक्ता कर्नल राजेश कालिया ने श्रीनगर में यह जानकारी दी सेना ने कल शाम केरन सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास एक अग्रिम चौकी पर पाकिस्तानी सेना के हमले को नाकाम कर दिया इस हमले में पांच से सात घुसपैठिये मारे गए इनमें पाकिस्तानी सैनिक और आतंकवादी शामिल थे

इस बीच पाकिस्तानी सेना ने कल रात पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा पर अग्रिम चौकियों और गांवों पर गोले दागे जवाब में भारतीय सेना ने भी कड़ी कार्रवाई की

यह तस्वीरें पृथ्वी के विविध रंगों को दर्शाती हैं

मैराथन का शुभारंभ कबीना और जिले के प्रभारी मंत्री सुबोध उनियाल ने किया

विजेता को पचास हजार रुपये का नकद पुरस्कार दिया गया सीनियर जूनियर वर्ग की बालक बालिका प्रतियोगिता भी हुई लेकिन निर्धारित दूरी को लेकर उपजे विवाद के कारा ये प्रतियोगिता अगले रविवार को आयोजित की जाएंगी

एसएसबी कमान्डेंट राजेश कुमार ने बताया की आगे भी इस तरह के आयोजन किये जाएंगे

अलर्ट को देखते हुए जिला प्रशासन सतर्क हो गया है चमोली की जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने सभी अधिकारियों सहित पुलिस थाना चौकी प्रभारियों ग्राम विकास और ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों राजस्व उप निरीक्षकों क्यूआरटी टीमों को चौबीस घंटे चौकन्ना रहने क्षेत्र में हो रही वर्षा और किसी भी तरह घटना की सूचना कन्ट्रोल रूम को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं इसके अलावा पर्वतीय जिलों में भूस्खलन संभावित सड़कों पर जेसीबी की तैनाती सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिये गए हैं

इंटर कॉलेजों और महाविद्यालयों में आयोजित इन कैम्पों के माध्यम से युवाओं को भर्ती के दौरान आवश्यक प्रमाणपत्रों की जानकारी देने के साथ ही शारीकि दर्धाता परीर्णा से संबंधित जानकारियां भी दी जा रही हैं

कार्यक्रम का उद्देश्य सशस्त्र बल कर्मियों पूर्व सैनिकों और उनके परिवार के सदस्यों के लिए उपलब्ध अधिकारों और लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाना था

संक्षिप्त समाचार मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने आज देहरादून में हंस फाउंडेशन द्वारा प्रदान की गई एम्बुलेन्स और स्कूल बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया

विशाखा साह ताइक्वांडो खिलाड़ी हैं वह राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण पदक विजेता हैं और राज्य स्तर पर पांच सालों तक लगातार चौंपियन रही हैं भारत ने थाइलैंड ओपन में पुरुष युगल का खिताब जीत लिया है

भारत और वेस्ट इंडीज के बीच दूसरा ट्वेंटी ट्वेंटी क्रिकेट मैच आज शाम आठ बजे अमरीका के लाउडरहिल में खेला जाएगा आकाशवाणी से मैच का ऑखों देखा हाल शाम साढ़े सात बजे से एफ एम रेनबो और अतिरिक्त मीटरों पर सुन जा सकता है